भूटान दौरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा दिन और अंतिम दिन है श्री मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते छेरिंग के साथ कल थिम्पू में बातचीत की उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के समूचे पहलूओं की समीक्षा की और इसके और विस्तार के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया दोनों नेताओं ने आपस में बातचीत के अलावा शिष्टमंडल स्तर की वार्ता में भी भाग लिया बाद में दोनों नेताओं ने विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते छेरिंग ने सिम्तोखा दजोंग में मंगदेछू जल विद्युत संयंत्र का उदघाटन किया

दोनों नेताओं ने दक्षिण एशिया उपग्रह के भू केन्द्र की उद्घाटन पट्टिका का अनावरण किया प्रधानमंत्री मोदी ने सिम्तोखा दजोंग में खरीददारी करते हुए भूटान में रूपे कार्ड के प्रचलन की भी शुरूआत की दोनों पक्षों ने विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में दस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाद में प्रेस वक्तव्य में कहा कि भारत की जनता ने उनकी सरकार को बड़ा जनमत के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को और सशक्त बनाने का अवसर प्रदान किया है

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में भगवान महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार और सुविधाओं के विस्तार पर हुई बैठक में यह बताया गया बैठक के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महाकाल मंदिर के विस्तार और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रियों की त्रिस्तरीय सदस्य समिति गठित की समिति में उज्जैन प्रभारी मंत्री संज्जन सिंह वर्मा धर्मस्व विभाग के मंत्री पीसी शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह शामिल हैं

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि विस्तार और व्यवस्था में सुधार के दौरान महाकाल मंदिर के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए तीन सदस्यीय समिति महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं से जुडे लोगों और जन प्रतिनिधियों से चर्चा कर विकास और विस्तार के संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी मुख्यमंत्री ने समिति को निर्देशित किया कि अगले तीन दिन में यह बैठक हो उन्होंने महाकाल मंदिर एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव भी इसी माह मंत्रिमंडल से अनुमोदित करवाने के निर्देश दिए सिलावट स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि राज्य शासन ने इंदौर में मोतियार्बिद के ऑपरेशन के दौरान हई लापरवाही को गंभीरता से लिया है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी घटना पर चिंता व्यक्त की है घटना की उच्चस्तरीय जांच के लिए सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है

डाक्टर रमण आज इंदौर पहुँच रहे हैं श्री सिलावट ने बताया कि पीड़ितों को पचास पचास हजार रुपये की सहायता भी दी जायेगी उन्होंने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जायगा

खेल मंत्री जीत पटवारी ने कल उनसे मिलने पहँचे शिवपुरी जिले के धावक रामेश्वर गुर्जर से मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल में खेल प्रतिभाओं को अच्छी अधोसंरचना बेहतर कोविंग व्यवस्था और प्रशिक्षक नहीं मिल पाने से वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं श्री पटवारी ने कहा कि ग्रामीण प्रतिभाओं का प्रादेशिक ओलभ्पिक के माध्यम से चयन कर उन्हें खेल अकादमी में सभी आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराई जायेंगी साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय कर स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में भी खिलाड़ियों को चिन्हित किया जायेगा

खेल मंत्री ने रामेश्वर की प्रतिभा से प्रमावित होकर उसे भोपाल आमंत्रित किया था रामेश्वर ग्र्जर कहते हैं कि खेल मंत्री से मिलकर उनके मन में खेल के प्रति असीम ऊर्जा का संचार हुआ है पैरालिंपिक पैरालिंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक को कल एशिया और राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन पहलवान बजरंग पुनिया के साथ देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए नामित किया गया है

अर्जुन पुरस्कार के लिये क्रिकेट खिलाड़ी रवीन्द्र जडेजा और पूनम यादव ट्रैक एण्डक फील्ड के एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर मोहम्मद अनस और स्वप्ना बर्मन फूटबाल खिलाड़ी गुरफ्रीत सिंह संघू हाकी खिलाड़ी विंगलेन सना सिंह कांग्रजाम बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत के साथ निशानेबाज अंजुम मुदगिल शामिल हैं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

जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्यमन सिंह तोमर ने लोगों की समस्याएं सुनी